दुमका और देवघर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रकिया पूरी कल न् नामांकन पत्रों की होगी जांच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

प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य क्रान्ति की दिशा में सरकार के प्रयासों में देश का किसान महत्वपूर्ण स्तम्भ है उन्होंने कहा कि किसानों ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में खाद्य आपूर्ति बनाये रखने में किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का वर्च्यअल उदघाटन किया

उन्होंने कहा कि उचित विपणन और अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाने से कृषि क्षेत्र का विकास बेहतर ढंग से किया जा सकता है उन्होंने कहा कि इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं श्री तोमर ने कहा कि तीन दशमलव चार प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद जी डी पी के साथ कोरोना काल में भी कृषि क्षेत्र ने भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना को मंजूरी दी गयी इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अच्छादित सभी परिवारों को साल में छह महीने के अंतराल में एक वर्ष में अनुदानित दर पर दो धोती और दो साड़ी दी जाएगी उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष एक धोती साड़ी दी जाएगी

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक सतासी हजार दो सौ चालीस लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है

रिजल्ट के साथ ही एजेंसी ने फाइनल आंसर की भी जारी कर दी है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दमका में बारह साल की बच्ची के साथ सामृहिक दृष्कर्म के बाद हत्या किर्ये जाने के मामले को गंभीरता से लिया है मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को उक्त मामले में संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए सुचित करने का निर्देश दिया है साथ ही सभी जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस को ऐसे घृणित मामलों की जाँच कर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का आदेश दिया है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि दमका में बारह साल की बच्ची के साथ सामुहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी गयी

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीष न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने गुटखा की बिकी पर प्रतिबंध के बावजूद हो रही बिकी पर आष्वर्य जताते हुए विषेष जांच कर विस्तृत रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देष दिया अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर के दुसरे सप्ताह में की जाएगी

द्मका विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामंकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन आठ नामांकन पत्र दाखिल किये गये इस तरह कुल तेरह नामांकन पत्र दाखिल किये गये हैं कल नामांकन पत्रों की जांच जांच होगी और उन्नीस अक्टूबर तक नाम वापस लिये जा सकेंगे

लोहरदगा जिले मे फाइलेरिया उन्मूलन के लिए चलाये जा रहे अभियान को अच्छी सफलता मिल रही है

भक्तों के द्वारा विभिन्न पूजा पंडालो और घरों में कल कलश स्थापना की जाएगी कल से शुरू हो रहे नवरात्र के सिलसिले में आज रांची के विभिन्न बाजारों में पूजन सामग्रियों के दुकानों में चेहल पहल देखी गई संक्रमण काल के मद्देनजर इस बार अधिक से अधिक लोग घरो में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर प्रजा अर्चना करने की तैयारी कर रहे हैं हजारीबाग के उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने अवैध खनन पर अंकुष को लेकर अधिकारियों को आवष्यक कार्रवाई का निर्देष दिया है श्री आनंद ने आज जिला खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक के कम में वन क्षेत्र व सरकारी भूमि पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के आलोक में कारवाई करते हुए लीज निर्गत पत्थर खनन और क्रशर लाइसेंस रद्द करने की कारवाई का निर्देष दिया गया

संक्षिप्त खबरें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल देवघर में नगर निगम कार्यालय के नये भवन का उदघाटन करेंगे

समाप्त